राज्य सरकार ने सभी सामान्य बीमा कम्पनियों को पटना में जल जमाव के कारण सम्पत्ति के नुकसान के दावों के निपटारे के लिए एक महीने का समय दिया है साथ ही वाहन संबंधी बीमा के लिए शिविर लगाकर दावों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये प्रदेश में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी देते हये बताया कि ऐसे कर्मियों को इन योजनाओं का नवम्बर महीने के पहले सप्ताह से लाभ मिलने लगेगा उन्होंने बताया कि जो एजेंसी अपने कर्मियों को योजनाओं का लाभ नहीं देंगे उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी गौरतलब है कि ईपीएफ के तहत कर्मियों के वेतन से कटौती और नियोक्ताओं को बराबर की राशि का अंशदान भविष्य निधि खाते में करना होता है वहीं ईएसआईसी निबंधित कर्मियों को स्वास्थ्य और बीमा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराता है प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से काम कर रहे संविदा कर्मियों के बैंक खाते में अब हर महीने के पहले सप्ताह में वेतन चला जायेगा इसके लिए एक नई ऑनलाईन प्रणाली लागू की जा रही है यह व्यवस्था पन्द्रह नवम्बर से काम करने लगेगी रेलवे ने आश्वासन दिया है कि दिव्यांगजन के खाली पड़े पदों को शीघ्र ही उसी श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जायेगा एक बयान में कहा गया है कि हर रेलवे जोन में दिव्यांगजन के खाली पदों को उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों से योग्यता के आधार पर भरा जायेगा और इन पदों पर अन्य लोगों को नियुक्त नहीं किया जायेगा रेलवे ने आगे स्पष्ट किया कि जिन पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पायेंगे उन्हें आगामी भर्ती अधिसूचना में शामिल किया जायेगा दीपावली की रात इस बार पटना में पिछले साल की तुलना में चालीस प्रतिशत कम वायु प्रदूषण हुआ वहीं पटाखों के शोर से ध्वनि प्रदूषण के स्तर में मामूली बढ़ोतरी देखी गयी है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पिछले वर्ष कणीय तत्व यानी पीएम टू प्वाइंट फाइव की मात्रा दो सौ नब्बे माईक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से अधिक थी जो इस बार घट कर लगभग एक सौ उनासी माईक्रो ग्राम प्रति घन मीटर रही मुजफ्फरपुर में भी प्रदूषण का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में कम दर्ज किया गया रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा प्रदेश के वैसे बड़े निर्माण कार्यों की फॉरेंसिक जांच करावायेगा जिनका काम बंद पड़ा हुआ है रेरा सदस्य आर बी सिन्हा ने बताया कि ऐसे हरेक प्रोजेक्ट की सीए फर्म से जांच करवायी जायेगी उन्होंने बताया कि बिल्डरों द्वारा एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिये जाने की शिकायतों के बाद जांच करवाने का फैसला किया गया है साथ ही ऐसे मामले भी सामने आये हैं जिसमें उपभोक्ताओं के पैसे से बिल्डरों ने अपने नाम से जमीन खरीद ली है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं पटना के फुलवारीशरीफ में जागरूकता सह गोल्डेन कार्ड वितरण समारोह को संबोधित करते हुये श्री पांडेय ने कहा कि सरकार सभी पात्र परिवारों को इस योजना के दायरे में लाने के लिए काम कर रही है इस अवसर पर उन्होंने इक्यावन लाभुकों को गोल्डेन कार्ड प्रदान किया प्रदेश में डेंगू के मामलों में कोई कमी नहीं आयी है कल पीएमसीएच में सड़सठ मरीजों में डेंगू पॉजीटिव पाया गया वहीं एनएमसीएच में छत्तीस मरीजों में डेंगू की प्रष्टि हुई है इसके अलावा गया सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और मधुबनी में भी डेंगू के कई नये मामले सामने आये हैं चित्रगुप्त पूजा और भैयादूज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ज्ञान के अधिष्ठाता चित्रग्रप्त भगवान की पूजा और आराधना से लोगों में पढ़ने लिखने की अभिरूचि बढ़ती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि आज का युग ज्ञान का युग है सब के प्रयास से ही बिहार सुखी समुन्नत और समृद्ध बनेगा लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है इस सिलसिले में कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कल पटना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया और व्रतियों के लिए हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने बताया कि छठ के अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा इधर पटना में छठ पर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के चौदह अधिकारियों की तैनाती की गयी है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ को लेकर नदियों नहरों और तालाबों के किनारे घाट निर्माण और साफ सफाई के कार्यों में प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाएं और पूजा समितियां जुटी हुई हैं घाटों पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है साथ ही पहुंच पथों पर भी साफ सफाई की जा रही है छठ को देखते हये पूर्व मध्य रेलवे ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से चार और विशेष ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है ये ट्रेनें प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों से रांची आनंद विहार और दुर्ग के लिए चलेंगी पटना के एएन कॉलेज परिसर में बाईस से छब्बीस नवम्बर तक सांस्कृतिक प्रतियोगिता तरंग का आयोजन किया जायेगा इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल होंगे वैशाली जिले के हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग स्थित खिलवत बजरंगबली चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गयी इस घटना में एक चौकीदार समेत चार लोग घायल हो गये समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोथरा गांव के पास ऑटोरिक्शा और पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर में एक बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्यघायल हो गए अररिया जिले के घुरना चौकी क्षेत्र में आपसी विवाद में एक गुट द्वारा किये गये तेजाब हमले में बारह लोग बुरी तरह झुलस गये मधेपुरा जिले के बुधमा चौकी क्षेत्र अन्तर्गत अपराधियों ने घर में घुस एक महिला पंच की गोली मार कर हत्या कर दी समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के किशनपुर बैकुंठ गांव में पानी भरे गड्ढ़े डूबने से दो किशोरियों की मौत हो गयी वहीं पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र स्थित अगरवा में चिकनी घाट पर डूबने से दो लोगों की मौत हो गयी दरभंगा जिले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के कॉमर्शियल चौक पर अपराधियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गयी है जबकि एक दुकानदार घायल हो गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को छूटे टोलों तक सड़क निर्माण का काम जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया दैनिक जागरण की सुर्खी है जैविक कॉरिडोर विकास के लिए तीन वर्ष की योजना मंजूर प्रभात खबर लिखता है हैदराबाद से पटना आ रहे विमान में अठारह साल के युवक की हृदय गति रूकने से मौत दैनिक भास्कर ने लिखा है नीतीश आज दिल्ली जायेंगे कल होगी दूसरी बार जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी कुख्यात आतंकी बगदादी के मारे जाने की खबर आज और राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है